शिमला स्थित राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में आज उन्होंने ये पदक प्रदान किए

राज्यपाल ने विशिष्ट सेवा के लिए एपी सिद्विकी रामदेव परशोतम चंद और अशोक तिवारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा

बंडारू दत्तात्रेय ने सराहनीय सेवा के लिए तीन सुधार सेवा पदक और दो राष्ट्रपति गृहरक्षा व नागरिक सुरक्षा सम्मान भी प्रदान किए

इस अवसर पर राज्यपाल ने सम्मानित व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए उम्मीद जताई कि हिमाचल में नशे के खिलाफ ये सभी व्यापक अभियान चलाएंगे उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में पुलिस की भी अहम भूमिका रहती है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पुलिस विभाग की आपराधिक जांच नियमावली और अपराध मुक्त हिमाचल नामक मोबाईल ऐप्प जारी की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपराधिक जांच नियमावली जांच प्रक्रिया के मापदण्ड स्थापित करने की दिशा में एक उत्कृष्ठ प्रयास है मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जांच के बाद अपराधियों को सजा मिले तो लोगों में कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा जयराम ठाकुर ने कहा कि आपराधिक जांच नियमावली अधिकारियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करेगी उन्होंने कहा कि पुलिस मोबाईल ऐप्प अपराध मुक्त हिमाचल से आम लोगों का सहयोग मिलने पर प्रदेश में अपराध रोकने में मदद मिलेगी इस ऐप्प की मदद से लोग बिना पहचान बताए शिकायत दर्ज कर सकेंगे मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदेश में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने में निभाई गई सक्रिय भूमिका की सराहना की उन्होंने इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए सूचनातंत्र को सुदृढ़ करने की जरूरत बताई इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसबी नेगी मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये एक प्रमुख संस्थान है और विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफैसर सिकंदर कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे इस बीच मुख्यमंत्री ने राज्य सहकारी दुग्ध उत्पाद फैडरेशन मिल्कफैड द्वारा निर्मित छैना खीर का शुभारम्भ भी किया

पहली उड़ान भूंतर अजोग भूंतर और दूसरी भूंतर तांदी डाईट भूंतर के बीच भरी जाएगी

बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनमत महत्वपूर्ण रहता है और भाजपा इस जनमत को स्वीकार करती है

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ा है

राठौर दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुसार न आने पर लोकतंत्र के जनमत का सम्मान किया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी की हार पर उन्हें निराशा हुई है उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा को उसकी तानाशाही पर करारा जवाब दिया है कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा के साथ साथ केन्द्र में एनडीए सरकार की भी एक बड़ी हार हुई है

इस दौरान मंत्रिमण्डल के सदस्य जनमंच कार्यक्रमों में लोगों के समस्याओं को सुनेंगे चम्बा जिला के डलहौजी निर्वाचन क्षेत्र के भलेई में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इस अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए जाएंगे कुल्लू उपमण्डल के शाट में होने वाले जनमंच कार्यक्रम में कृषिमंत्री रामलाल मारकंडा मौजूद रहेंगे इधर शिमला जिला के रामपुर विकास खण्ड के तहत झाकड़ी में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की अध्यक्षता में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान घर द्वार पर करने के उद्देश्य से जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों के आदान प्रदान को महत्व दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश और केरल के लोग अपने पारम्परिक रहन सहन रिति रिवाजों और खान पान को काफी पसंद करते हैं इसी कड़ी में कुल्लू में रह रहे केरल निवासी जोजी पीटर भी हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य के कायल हैं उन्होंने कहा कि केरल के लोगों को यहां की ट्राउट मछली बेहद पसंद है जोजी पीटर कुल्लू में एक स्कूल चला रहे हैं और वे केरल से आने वाले अपने रिश्तेदारों को ट्राउट खिलाना नहीं भूलते

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि सभी विद्यालय परीक्षार्थियों की रोल नम्बर स्लीप डाउनलोड कर सकते हैं